उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार गलत तरीके से गाडी चलाने और हेलमेट नहीं पहनने जैसे सुरक्षा मापदंण्डो का ध्यान नहीं रखने के कारण युवा सबसे ज्यादा सडक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं इसके मद्दे नजर विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यकम चलाया जाएगा

आकाशवाणी के साथ विशेष मेंटवार्ता में राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगाराम ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पूर्व तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जूड़वा सकता है नाम जूड़वाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह भी इस बारे में सूचित कर सकता है

भरतपुर के रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया गया जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने महाविद्यालय की छात्राओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर मतदान के प्रति अलख जगाने का आहवान किया उन्होंने मतदान से संबंधित सवालों का भी जवाब दिया

बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी भाजपा से जनहित से जुड़े सवाल पूछेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव राज्य से जुडी प्राथमिकताओं और मुद्दों पर लड़ेगी

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने आज जयपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि घटना के दिन पुलिस ने कुछ बदमाशों की पहचान कर ली थी जिसके बाद जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक वी के सिंह के निर्देशन में इन बदमाशों को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा था उन्होंने बताया कि दो आरोपियों को मुम्बई के दादर रेलवे स्टेशन से एक आरोपी को पुणे से तथा दो आरोपियों को अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया गया है श्री सिंह ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे

इसके चलते हनुमानगढ़ जिले में भी मूंगफली की खरीदें की जा रही है

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि अग्रवाल ने उनके अधीन पीएचडी कर रही एक छात्रासे फैलोशिप के तीनलाख रूपए दिलाने के लिए डेढ़ लाख की रिश्वत मांगी थी

बाकी रकम आज लेते हुए उन्हें एसीबी ने पकड़ लिया

उन्होंने विचाराधीन प्रकरणों के निष्यादन में देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विमागों को तय समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा उर्न्होने कहा कि सिंगल विण्डों सिस्टम पोर्टल पर इससे जुड़े विमार्गो से संबंधित बिन्दुओं के आवश्यक कानून कायदों और औपचारिकताओं की जानकारी भी उपलब्ध होने से ऑनलाईन ही सारी औपचारिकताए पूरी की जा सकती है

उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक असाधारण गुरू अदभूत प्रेरक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक स्वप्नदर्शी वैज्ञानिक और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ साथ एक स्वप्नदृष्टा नेता थे

इस मौके पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से महिला किसानों उद्यमियों किसान संगठनों कृषि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया

आज अंतराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जा रहा है इसके अंतर्गत गांवों में रहने वालों की आजीविका में सुधार करने और उनके संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की जाती है

जालौर जिले की साकड पुलिस चौकी ने दाता गांव के पास एक कंटेनर की तलाशी के दौरान अवैध शराब के एक हजार कार्टन बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ो के अनुसार थेक महंगाई में आयी तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल ईंघन कोयला वर्ग की दरों में बढोतरी है